गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर गोपालगंज में अलर्ट जारी

नेपाल समेत राज्य के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश से उत्तर बिहार की कोसी और सीमांचल क्षेत्र के नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है बागमती और महानंदा नदियां उफान पर होने के कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है उधर गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखते हुये गोपालगंज जिले में अलर्ट जारी किया गया हैं बाल्मिकीनगर बाराज से एक लाख चौदह हजार क्यूसेक पानी छोड़ने से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में बाढ़ का पानी बाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व में घ्रस गया है मध्रबनी के लदनिया में गागन नदी के जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मुजफ्फरपुर जिले सहित तराई क्षेत्र के नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जल संसाधन विभाग ने बताया हैकि बागमती डुब्बाधर में खतरे के निशान से बाईस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं कमला बलान जयनगर में पांच और झंझारपुर रेल पुल के पास दस सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है इधर पुर्वानुमान में कहा है कि पटना सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी पूर्णियां में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा छियालीस दशमवल आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है वहीं पटना में छह मिलीमीटर बारिश हुई आज सुबह से ही पटना और उसके आस पास के इलाकों में बादल छाये हुये हैं समस्तीपुर और दरभंगा जिले में आज सुबह से रूक रूक कर बारिश हो रही है उधर जमुई जिले में वज्रपात से एक युवक समेत दो लोगों की मौत हो गयी केन्द्र सरकार ने पीपीएफ एनएससी जैसी लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर में जुलाई से सितम्बर माह की तिमाही में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का निर्णय किया है वित्त मंत्रलाय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है सरकार हर तिमाही किसान विकास पत्र राष्ट्रीय बचत पत्र वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित अन्य योजनाओं के ब्याज दर की समीक्षा करती है बिहार विधान सभा का मॉनसून सत्र बीस जुलाई से शुरू होगा तय कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन नये सदस्यों को शपथ दिलाई जायेगी सत्र के अन्तराल में राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जायेंगी वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के प्रथम अनुप्रक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया जायेगा तेईस और चौबीस जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे पच्चीस जुलाई को वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे सत्र के अंतिम दिन छब्बीस जुलाई को गैरसरकारी सदस्यों के कार्य होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में वर्षो से अध्रे पड़े नौ लाख आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने का अंतिम मौका दिया गया है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पन्द्रह अगस्त तक हर हाल में इन्हें पूरा कर लेने का निर्देश देते हये उप विकास आयुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ये जिम्मदारी सौंपी है कि लाभुकों को पैसे की कमी नहीं हो वहीं इंदिरा आवासों को भी ढ़ाई माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है प्रदेश में किसान विकास केन्द्र को विकसित करने और अधिक जनपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार केन्द्र का सहयोग करेगी इसके अन्तर्गत बीज रखने के लिए गोदाम बनाये जायेंगे केन्द्र सरकार की इस योजना के अन्तर्गत बीज उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा राज्य सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन बीस केन्द्रों पर गोदाम बनाने का निर्णय लिया है इनमें पटना भागलपुर शेखपुरा रोहतास सुपौल सहरसा किशनगंज पूर्णियां नालंदा और गया सहित कई जिले शामिल हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की ग्रेडिंग में बिहार को फिर पहला स्थान मिला है अभियान के तहत जून माह में प्रदेश के पांच सौ नवासी केन्द्रों पर लगभग एक लाख गर्भवती महिलाओं की जांच की गयी यह पूरे देश में सबसे अधिक है गौरतलब है कि अभियान के तहत हर महीने की नौ तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान में बिहार ने अच्छा काम किया है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पटना सहित राज्य के पच्चीस जिले में सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा इस कार्य पर लगभग एक हजार एक सौ छियासठ करोड़ रूपये खर्च होंगे साथ ही कुछ सड़कों का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से किया जायेगा पहले चरण में तीन सौ सत्तर किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण और रख रखाव की व्यवस्था की जायेगी श्री यादव ने कहा कि बरसात बाद इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी प्रदेश के जेलों में विभिन्न वर्ग के कर्मियों का तबादला किया गया है महानिरीक्षक कारा मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि छह साल या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित कक्षपाल बदले गये हैं इनके अलावा आधा दर्जन मुख्य उच्च कक्षपालों को स्वैच्छिक स्थान पर भेजा गया है महानिरीक्षक कारा ने स्थानांतरित किये गये कक्षपालों को तत्काल नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने का आदेश दिया है स्ट्र्डेंट क्रोडिट कार्ड योजना को लेकर सभी जिले में मास्टर ट्रेनर तैयार किये जायेंगे शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों से सूची मांगी है इसके तहत छोटे जिले में दस मध्यम जिले में पन्द्रह और बड़े जिलों में पच्चीस प्रशिक्षित शिक्षक होंगे

शेखपुरा जिले के मतोखर स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी से नौ बाल कैदी फरार हो गये हैं फरार बाल कैदियों में सात छपरा के और दो गया के रहने वाले हैं एसडीओ राकेश कुमार और एसडीपीओ अमित शरण के नेतृत्व में अभियान चलाकर बाल कैदियों की तलाश की जा रही है मुजफ्फरपुर में खेली जा रही पच्चीसवीं बिहार राज्य जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालक वर्ग में नवगछिया किलकारी बेगूसराय और दरभंगा की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपने पहली सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा पार्टियों को विदेशी चंदे की वैधता जांयेगा कोर्ट दैनिक जागरण ने उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा अलर्ट को अपनी पहली खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप फुटबॉल से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है ब्राजील सोलहवीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा मैक्सिकों लगतार सातवां प्री क्वार्टर हारा

गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर गोपालगंज में अलर्ट जारी